राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने आपदाग्रस्त तपोवन क्षेत्र का श्वमण कर राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण किया राज्य विधानसभा का बजट सत्र आगामी एक मार्च से भराड़ीसैंण गैरसैंण में होगा

कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के तीन आसान उपायों का संकल्प लें

वहीं विद्य्त परियोजना के स्रंग में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का काम जारी है मलबा कीचड़ के रूप में होने के कारण बैकफ्लो की समस्या हो रही है जिसे साफ करना च्नौतीपूर्ण साबित हो रहा है और अब चलते हैं अपने संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी के पास जो आपदाग्रस्त क्षेत्र की कवरेज के लिए तपोवन में है सुशील जी ताजा स्थिति क्या है

राज्यपाल ने रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों से बात करके राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली राज्यपाल ने आपदा में लापता लोगों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी उन्होंने प्रभावित गांवों में रेडक्रॉस के माध्यम से भी सहायता देने के निर्देश दिये मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि राहत और बचाव कार्यो में लगे कार्मिकों की भी चिंता करनी होगी उन्होंने कहा कि प्लिस प्रशासन सेना एनडीआरएफ एसडीआरएफ और आईटीबीपी के सभी अधिकारी और कार्मिक गंभीरता और प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं पुनर्वास म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चार जिलों में आपदा के दृष्टिगत अत्यधिक संवेदनशील प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापन और पुनर्वास की अनुमति दी है इसके लिए आपदा प्रबंधन की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के अन्सार मानक मदों के अन्सार धनराशि भी जारी करने की मंजूरी दी है

विधानसभा सत्र उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आगामी एक मार्च से भराड़ीसेंण गैरसेंण में होगा यह साल का पहला विधानसभा सत्र होगा विधानसभा के प्रभारी सचिव म्केश सिंघल ने यह जानकारी दी इस संबंध में राजभवन से अधिसूचना जारी की गई है

नई दिल्ली में कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने संय्क्त रूप से वेबसाइट की श्रूआत की

सीएम ऊर्जा निगम मख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने ऊर्जा के तीनों निगमों की कार्य प्रणाली में ग्णात्मक सुधार और पारदर्शी व्यवस्था के विकास के लिए तीन पदों की स्वीकृति और यूपीसीएल में आवश्यकतानुसार जेई की निय्क्ति किये जाने के निर्देश दिये हैं मख्यमंत्री ने विद्य्त विभाग की समीक्षा बैठक में ऊर्जा के तीनों निगमों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिये उन्होंने विद्युत लाइन लॉस में कमी लाये जाने के साथ ही प्रमुख शहरों में स्मार्ट मीटर व्यवस्था बनाये जाने पर जोर दिया बैठक में मुख्यमंत्री ने आगामी क्म्भ मेले में निर्बाध बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये अनियमितता जांच म्ख्यमंत्री ने हरिद्वार और रुद्रप्रयाग जिले में सिंचाई नहर निर्माण में हई करोड़ों की अनियमितता के मामले में जांच के निर्देश दिए हैं इस पर सचिव सिंचाई की ओर से तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है

मौनी स्नान हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्वाल्ओं ने स्नान किया इस साल का यह दूसरा बड़ा स्नान है आज सुबह से ही लोगों ने श्रद्वाल्ओं ने स्नान के लिए हर की पैड़ी सहित विभिन्न घाटों पर पहंचना शुरू कर दिया था इस दौरान लोगों ने दान पुण्य भी किया मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान के साथ ही तिल ग्ड़ के दान का भी महत्व है हालांकि सरकारी तौर पर आज का स्नान महाकृभ मेले के स्नान में शामिल नहीं है कृंभ मेले के लिए आई प्लिस ने आज व्यवस्थाओं को संभाला ट्रैफिक प्लान कल से ही लागू कर दिया गया था रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आने वाले सभी लोगों की आकस्मिक कोरोना संबंधित जांच की जा रही थी कंभ मेलाधिकारी हरिदवार कंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने कहा है कि कृम्भ मेला को कोविड से सुरक्षित कराने में आमजन की भागीदारी जरूरी है उन्होंने लोगों से कोविड गाइडलाइन और एसओपी में दिये गए नियमों का पालन करने की अपील की

उ पा ध्या य ज यं ती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान निर्धनों किसानों श्रमिकों और मध्य वर्ग के भविष्य निर्माण का माध्यम बनता जा रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पृण्यतिथि पर भाजपा सांसदों को संबोधित करते ह ए उन्होंने कहा कि द्वनिया में भारत का कद तेजी से बढ़ रहा है और हर भारतीय को इस पर गर्व होगा उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श अब भी प्रासंगिक हैं और वे हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पृण्यतिथि पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उन्हें नमन किया अपने संदेश में उन्होंने कहा कि उपाध्याय जी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सत्यनिष्ठा के प्रतिमान कृशल संगठनकर्ता थे उनका सम्पूर्ण जीवन समाज सेवा के लिये समर्पित रहा है पंडित दीनदयाल न सिर्फ एक महान चिंतक विचारक थे बल्कि वे दार्शनिक होने के साथ ही एक योग्य राजनेता और कुशल पथ प्रदर्शक भी थे इस अवसर पर देहरादून में कार्यक्रम भी आयोजित किया गया

कोरोना संक्रमण के मद्देनजर एहतियात बरतते हुए तहसीलवार भर्ती की जाएगी इसको लेकर सेना के अधिकारियों और प्रशासन के बीच बैठक हुई भर्ती में आने वाले युवाओं को अपने साथ कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी